जहां राज्य सरकार के मंत्री जनसुनवाई करेंगे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के झंगड़ियाणी में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और शिमला ग्रामीण क्षेत्र की करियाली पंचायत में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती लोगों की समस्याएं सुनेंगे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकर मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाशिंग में जनमंच कार्यक्षता करेंगे जबकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बिलासपुर जिले में नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में जनशिकायतों का निपटारा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार चंबा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के गोरख्वाला में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी प्रकार कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममलीग में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जनमंच की अध्यक्षता करेंगे मंडी जिले में बल्ह विधानसभा के रिवाल्सर में होने वाले जनमंच कॉर्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊना ज़िले में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के किन्नू में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग जनसुनवाई करेंगे

इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओँ को सामने लाया जाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा कि रेडियो संचार का एक लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सुचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है

कुल्लू में आज महिला मोर्चा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा

बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति बनाई जाएगी मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आज से आम नागरिकों के लिए खुल गया

इस वर्ष सभी दर्शक केवल ईऑनलाइन ब्रुकिंग कराकर ही गार्डन देख सकेंगे